प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी और प्रमुख सचिव अनुपम राजन ने यह सम्मान प्राप्त किया गौरतलब है कि राज्य ने योजना के कियान्वयन में प्रथम स्थान हासिल किया है इस योजना को लागू करने में इंदौर जिले का प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा

डॉक्टर पांडेय ने कहा कि इस योजना में स्थाई कौशल विकास केन्द्र स्थापित नहीं किये जाते हैं क्योंकि यह मांग पर आधारित योजना है उन्होंने बताया कि नवसाक्षरों का तकनीकी ज्ञान और व्यावसायिक कौशल बढ़ाने के उद्देश्य से देश में कौशल विकास के लिए जन शिक्षण संस्थान योजना भी चलाई जा रही है कोरोना वायरस प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से अनावश्यक डरने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि सावधानी और सतर्कता से इस वायरस से बचा जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी रोकथाम बचाव और नियंत्रण के लिये पूर्ण सजग और क्रियाशील है

उधर चीन में फंसे खरगौन जिले के दो छात्र वापस लौट आये हैं वे उन तीन सौ चौबीस भारतीयों में शामिल हैं जिन्हें विदेश मंत्रालय की मदद से स्वदेश लाया गया है मिशन इन्द्रधनुष संपूर्ण टीकाकरण के लिए प्रदेश में आज से मिशन इन्द्रधनुष का तीसरा चरण शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा तेरह फरवरी तक चलाये जाने वाले इस अभियान में दो साल तक के बच्चों को जीवनरक्षक टीके और दवायें दी जा रही हैं आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भी अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है जिले में चार सौ सड़सठ बच्चों और एक सौ अडतालीस गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण के लिए पहचान की गई है खंडवा होशंगाबाद और सतना में भी मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण शुरू हो गया है उधर नीमच जिले में भी तीनो विकासखण्ड पालसोड़ा डीकेन और मनासा में आशा कार्यकर्ताओं का दल बच्चों को टीके लगा रही हैं

इसके लिए जिले में संचालित अन्य पिछड़ावर्ग छात्रावासों में सप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता प्रारंभ की गई है इसका उददेष्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना है हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह प्रतियोगिताएं प्रत्येक रविवार को छात्रावासों में आयोजित होगी आइफा अवार्ड बॉलीवुड का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड समारोह इस वर्ष मध्यप्रदेश में आयोजित किया जाएगा इसकी औपचारिक घोषणा आज मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल में करेंगे इस दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री जेक्लीन फर्नांडीज मौजूद रहेंगी आइफा अवार्ड समारोह मार्च माह के अंत में इंदौर और भोपाल में आयोजित होने की संभावना है नाट्य समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी भोपाल और मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा मण्डला में आज से तीन दिवसीय नाट्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है पहले दिन पंकज द्बे के निर्देशन में संदेश नाट्य मंच उमरिया के कलाकारों द्वारा फणीश्वरनाथ रेण् लिखित पंचलाईट नाटक की प्रस्तुति की जाएगी

वहीं तीस बच्चों को आप्रेशन के लिए इंदौर भेजा गया